इनमें प्रदेश के इंदौर और भोपाल शामिल हैं श्री कांत ने कहा है कि इन जिलों में आक्रामक तरीके से निगरानी टेस्ट और इलाज पर ध्यान देना होगा

जबलप्र में भी कल एक पॉजिटिव मरीज का पता चला है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की एक महिला की भोपाल में मृत्यू के बाद कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है

साथ ही जिले में आज एक दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया है

अमृत योजना म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में आवश्यक है कि हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे जिससे यह वायरस हम पर प्रभाव न कर पाए ऐसे में आयुष विभाग दवारा तैयार किया गया विशेष त्रिकुट चूर्ण काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अत्यधिक कारगर है कल मंत्रालय में जीवन अमृत योजना का श्भारंभ करते हुए कहा कि इसे रोजाना तीन से चार बार पिएं

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में करीब एक करोड़ लोगों को ये काढ़ा निश्ल्क वितरित किया जा रहा है

जिला प्रशासन ने वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है

साथ ही नागरिकों के लिये मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है प्रम्ख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय द्बे ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को अगर थ्रकता हआ पाया जायेगा तो उस पर एक हजार रूपये का जर्माना लगाया जाएगा स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्तमुख्य नगर पालिका अधिकारी को अर्थदण्ड लगाने के लिये अधिकृत किया गया है प्लाज्मा थेरेपी देश विदेश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है प्रदेश में पहली बार इस थेरेपी से इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उपचार शुरु किया गया है संस्थान के श्वसन रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ रवि डोसी ने आकाशवाणी को बताया कि प्रारंभिक तौर पर इंदौर के दो कोरोना संक्रमण मुक्त चिकित्सकों के प्लाज्मा से इलाज श्रु किया गया है रविवार को तीन ऐसे मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है जिनमें वायरस का संक्रमण फेफड़े तक पहंच च्का है डॉ डोसी के अन्सार प्लाज्मा हमारे रक्त का ही एक भाग है कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने के लिए बने एंटीबॉडी को प्लाज्मा के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में भेजा जाता है यही एंटीबाडी कोरोना वायरस से लड़कर खत्म करने का प्रयास करता है कोरोना वॉरियर्स खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के दूरस्थ आदिवासी बहल खातेगांव में इंटरनेट नेटवर्क न आने के कारण पंचायत सचिव मजहर अली और बैंक के बिजनेस करस्पॉडेंट मोहन पंवार ने महेलू और खातेगांव के पास स्थित उँची पहाड़ी पर जाकर नेटवर्क तलाशा वहाँ नेटवर्क मिलने पर हितग्राही ग्रामीणों के खातों में विभिन्न योजनाओं की जमा राशि का भ्गतान उन्हें किया

मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार द्वारा डाली गई राशि मिलने पर हितग्राही भी ख्द नजर आ रहे हैं

प्लिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है